प्रदेशभर में आज से शुरू हुये चैत्र नवरात्र पर देवी के विभिन्न रूपों की आराधना हो रही है धर्मगुरूओं ने कोविड गाइड लाईन की पालना की अपील की प्रदेश में आगामी तीन दिनों में बीकानेर और जोधपुर संभाग में अंधड़ और बारिश की संभावना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

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोविड संकमण और वैक्सीनेशन के संबंध में एक बैठक की बैठक में स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि पिछले दो सप्ताह से राज्य में कोरोना तेजी से फैला है

श्री महाजन ने बताया कि संकमण को रोकने में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है और सरकार इसकी उपलब्धता पर नजर रख रही है इससे पहले श्री गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से फिर अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही बरती गई तो परिस्थितियां और खराब हो सकती है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जागरूकता रथ लोगों को कोराना गाइडलाईन के लिए जागरूक करेंगे वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण कराने की भी जानकारी दी जायेगी इधर जयपुर जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज विभिन्न धर्मग्रुओं के साथ बैठक में सभी धर्म ग्रुओं से लोगों को कोविड के बारे में जागरूक करने की अपील की

बूंदी में विभिन्न मार्गो पर जागरूकता रैली निकाली गई सवाईमाघोपुर और श्रीगंगानगर में रंगोली सजाकर और निःशुल्क मास्क वितरित कर कोराना से बचाव का संदेश दियाँ गया

प्रदेश में भी पात्र लोग खूद पहल कर उत्साह के साथ टीका लगवा रहे हैं

श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक रविन्द्र शर्मा ने भी टीका लगवाने के बाद लोगों से वैक्सीन लगवाने का आहवान किया

कोविड संकमण को देखते हये विभिन्न जिलों में प्रसिद्ध माता मंदिरों में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेघ किया गया है

कई मंदिरों में श्रद्वालुओं के लिए ऑनलाईन दर्शन की व्यवस्था की गई है सीकर का प्रसिद्ध जीणमाता का मेला इस बार आयोजित नहीं होगा भरतपुर में भी कोविड गाईडलाईन की पालना के साथ धार्मिक आयोजन हो रहे है अलवर जिले का प्रसिद्ध करणी माता का मेला भी नहीं भरेगा उदयपुर जिले के एकलिंग जी ट्रस्ट के अजय विक्रम सिंह ने लोगों से कोविड गाइड लाइन की पालना के साथ पूजा अर्चना करने की अपील की है इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां ने नवरात्र पर्व की श्भकामनाए देते हुए सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना की है आज ही चेटीचण्ड का पर्व भी मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाए देते हुये कहा है कि भगवान झूलेलाल के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं

कोविड महामारी को देखते हुये प्रदेश में सीमित धार्मिक आयोजन हो रहे है उदयपुर की अंजुमन सोसायटी के सदर मुजीब सिद्दीकी ने लोगों से कोविड गाइड लाईन की पालना के साथ घरों में ही रहे कर इबादत करने की अपील की है

लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जलियावाला बाग दिवस के उपलक्ष्य मेँ प्रदेश के विभिन्न जिलों में शहीदों की याद में आयोजन हो रहे हैं बूंदी के आजाद पार्क में मौन सभा और संगोष्ठी हुई टोंक में भी सम्मेलन आयोजित किया गया